्रेलवे ने कोरोना संकमण रोकने के लिए गाईड लाईन की पालना नहीं करने वाले यात्रियों के लिये जुर्माने और कारावास के दंड का किया प्रावधान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

उन्होंने कहा कि प्रदेश का हर व्यक्ति यदि जिम्मेदारी से मास्क पहनेगा तथा सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करेगा तो हम इस चुनौती से निपट पायेंगे

प्रतापगढ को छोड सभी जिलों से संकमण के नये मामले रिपोर्ट हए है

यात्री द्वारा स्टेशन या ट्रेन में उचित तरीके से मास्क नही पहनने सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन नहीं करने कोविड संक्रमित होने या सैम्पल देने के बाद रिपोर्ट आने से पहले ही यात्रा करने सार्वजनिक क्षेत्र में थुकने या गन्दगी फैलाने को रेल्वे गंभीरता से लेगा ऐसे मामलों में यात्री को जुर्माने या कारावास से दंडित किया जायेगा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

बीकानेर में हारेगा कोरोना जीतेगा बीकाणा अभियान के तहत आज एनसीसी कैडेट और स्काउट स्काउट गाइड द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई खाजूवाला विधायक गोविंद राम मेघवाल और जिला कलक्टर नमित मेहता ने गांधी पार्क से हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया उदयपुर में नगर निगम और स्वयंसेवी संस्थाओं की ओर से आयोजित कार्यक्रमों में लोक कलाकारों द्वारा लोक गीतों के माध्यम से सुरक्षित दूरी रखने और मास्क लगाने के संदेश दिये जा रहे हैं इस दौरान मास्क वितरण भी किया जा रहा है ब्रंदी में कोरोना जागरूकता के तहत नगर परिषद के आयुक्त और सभी नगर परिषद कर्मचारियों द्वारा लंका गेट कच्ची बस्ती में मास्क बांटे गये और स्टीकर लगाए गये झालावाड़ और टोक में मास्क वितरण कार्यक्रम हुआ

कोटा से हिसार जाने वाली ये ट्रेन अब नियमित चलेगी आज पहले दिन झुंझुनूं और चिडावा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की संख्या कम ही रही

प्रत्याशी परंपरागत माध्यमों के अलावा प्रचार के लिये सोशल मीडिया का उपयोग भी कर रहे हैं प्रत्याशियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर होर्डिंग्स भी लगाये गये हैं जयपुर हैरीटेज कोटा उत्तर तथा जोधपुर उत्तर नगर निगमों में कल शाम प्रचार थम जायेगा इसके बाद प्रत्याशी घर घर जाकर प्रचार कर सकेंगे

केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल तथा पूर्व भाजपा अध्यक्ष अशोक परनामी ने आज पार्टी कार्यालय में यह डॉक्यूमेंट जारी किया इस मौके पर श्री मेघवाल ने कहा कि भाजपा तकनीक का प्रयोग करते हुए लोगों के जीवन को सुविधामय और सरल बनाने का संकल्प व्यक्त करती है

आज राजभवन से बांसवाडा स्थित जनजातीय विश्वविद्यालय में वेद विद्यापीठ के लोकार्पण के अवसर पर श्री मिश्र ने कहा कि वेद ईश्वर का दिया ऐसा संविधान है जिसमें जीवन जीने का सर्वोत्तम ढंग बताया गया है

सवाईमाधोपुर जिला कलक्टर ने मिलावट की संभावना वाले प्रतिष्ठानों पर रोजाना जांच करने के निर्देश दिये है

इस दौरान कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई जायेगी